केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के कदमों का पूरी दुनियां सराहना कर रही है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कल मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के प्रष्नों का देंगे जवाब सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार से बारिष के कारण फसलों के नष्ट होने पर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर आज सार्क देषों के राष्ट्रा अध्यक्षों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग की है वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने सार्क देषों को एक साथ आने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना विकासषील देषों के लिए एक बड़ी चुनौती है जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस को विष्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित किया है अब तक हमारे देष में एक सौ पचास से कम मामले सामने आए हैं लेकिन हमे सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने कहा है कि त्वरित सूचना पर इस विषेष बातचीत में शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं कोरोना को लेकर सार्क देषों की चर्चा में शामिल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस चर्चा के आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नेपाल में कई एजेंसियों की समन्वय समिति बनाई गई है नेपाल ने विदेषियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है बांग्लादेष की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस वीडियों कांफ्रेंसिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद दिया है साथ ही वुहान से बांग्ला देष के तेईस छात्रों को निकालने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने कहा है कि मालदीव में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के बाद पर्यटन में काफी गिरावट दर्ज की गई है अगर पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी जारी रही तो इसका असर मालदीव की अर्थवस्था पर होगा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति असरफ गनी ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए टेली मेडिसिन के सामान्य ढाचे का प्रस्ताव दिया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत की ओर से किये गये प्रयासों की पूरी दुनिया ने सराहना की है भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कोरोना वायरस से सतर्कता पर विस्तार से चर्चा की

इसके साथ हीं विदेशी छात्रों के संस्थान में आने पर रोक लगा दी गई है आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने शनिवार को एक पत्र जारी किया मिड सेमेस्टर के अवकाश में जो छात्र अपने घर देश विदेश गए हुए है वह छात्र फिलहाल वहीं रहे

सिंफर के वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्वार्थ सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि लोगों की भीड़ एक जगह जमा ना होने दें इसके मद्देनजर फिलहाल स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है

कोरोना वायरस से सतर्कता के जिए जिला प्रषासन कई कदम उठाये हैं

जिले में अगर कहीं भी बाहर के लोगों के आने की जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सिविल सर्जन उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाये जिला प्रशासन की ओर से भी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है ये बातें उपायुक्त वरुण रंजन ने समाहरणालय सभागार में पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान कहीं

दो दिनों के अवकाष के बाद कल सदन में प्रष्नोत्तर काल शून्य काल और बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा प्रष्नोत्तर काल के दौरान मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के प्रष्नों का जवाब सदन में देंगे मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल सदन के चलते सत्र में प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जाता है यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई सरकार बनने के बाद सदन में मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल के दौरान जवाब देंगे दूसरी पाली में कल बजट पर चर्चा होगी झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की स्कूटनी कल होगी राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए तीन नामांकन दाखिल किये गए हैं भाजपा से दीपक प्रकाष ने नामांकन किया है जबकि झामुमो सुप्रीमो षिंबु सोरेन और कांग्रेस के शहजादा अनवर ने भी नामांकन किया है

हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने किसानों को फसल नुकसान होने पर मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार से की है श्री सिन्हा ने राज्य के कई जिलों में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के गेहूं दलहन और सब्जी की खेती प्रभावित हुई है ऐसे में सरकार को किसानों को राहत दिलाने के लिए जल्द मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए कोडरमा जिले में बाईस मार्च तक चलने वाले पोषण पखवाड़ा के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विषेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के लमकाना गांव के समीप आज करीब दो बजे कार व आटो की सीधी भिडंत में आटो चालक सहित दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि आधा दर्जन आटो सवार घायल हो गए हैं घायलों को बेड़ो के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया है रांची के रातू थाना क्षेत्र के ठाक्रगांव पथ पर होचर के पास सड़क द्र्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई बाइक र्स आ रहे युवक की कार से टक्कर हई और सड़क किनारे लोहे के खंभे से टकराने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई